राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि धर्मगुरुओं से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष राखी और ईद का त्यौहार परिवार के साथ घर पर ही मनाया जा सकेगा भोपाल जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने लॉकडाउन के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि भोपाल में सिटी बसें प्राइवेट बसें ऑटो टैक्सी कैब ई रिक्शा सब बंद रहेंगे पब्लिक प्लेस होटल रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे होम डिलीवरी भी नहीं होगी शॉपिंग मॉल मार्केट किराने समेत सभी दुकानें बंद रहेंगी और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे फ्लाइट्स और ट्रेनों के टिकट ही ई पास की तरह मान्य होंगे लोग एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन अपने वाहन से आ जा सकेंगे लॉकडाउन के दौरान दवाओ सब्जी फल दूध आदि अतिआवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी गरीब वर्ग की सुविधा के लिए शासकीय उचित मूल्य की दुकानें खुली रहेंगी सभी निजी कार्यालय एवं व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे सभी उद्योग चालू रहेंगे तथा औद्योगिक क्षेत्रों में आने जाने के लिए कर्मचारियों के परिचय पत्र मान्य रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिक संक्रमण वाले जिलों भोपाल ग्वालियर जबलपुर मुरैना खरगौन और उज्जैन पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए हैं

इनमें से साढ़े तीन हजार के करीब लोग स्वस्थ हो चुके हैं

खरीद प्रतिबंध केन्द्र सरकार ने सुरक्षा कारणों से भारतीय सीमा से लगे देशों से सरकारी खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है

चुनाव आयोग ने इससे पहले प्रदेश की आगर सहित छह राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को सात सितंबर तक के लिए टाल दिया है कोरोना महामारी और बाढ़ के कारण यह फैसला किया है आयोग ने कहा कि हालात अनुकूल होने पर उपचुनाव कराए जाएंगे नियमों के अनुसार विधानसभा या लोकसभा की सीट खाली होने की तारीख से छह महीने के भीतर उपचुनाव कराना होता है

वहीं सागर रीवा इन्दौर और होशंगाबाद संभाग में कुछ स्थानों पर वर्षा हई मौसम केन्द्र ने आज जबलपुर होशंगाबाद इन्दौर उज्जैन संभागों के कई जिलों के अलावा गुना अशोकनगर मुरैना और श्योपुरकला जिले के अनेक स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है